उन्होंने आज नई दिल्ली में रिजर्व बैंक के निदेशकों के केन्द्रीय बोर्ड के साथ बैठक की उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान बैंकों के विलय के मुद्दे पर विचार विमर्श नहीं किया गया इस मौके पर रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि आगामी महीनों में ऋण वृद्वि दर तेज होने की संभावना है

श्री बिड़ला आज कोटा में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के लोक सम्पर्क ब्यूरो की ओर से आयोजित व्रहद मल्टीमीडिया डिजिटल प्रदर्शनी का उदघाटन करने के बाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे

गौरतलब है कि श्री गहलोत कल रात जयपुर के शहीद स्मारक पर नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ धरना दे रहे लोगों से मिले थे इस दौरान उन्होंने एनआरसी तथा सीएए के खिलाफ विरोध प्रकट किया था

उन्होंने कोणार्क कोर के अधिकारियों को संबोधित किया उन्होंने सैन्य परीक्षण के उच्च स्तर को प्राप्त करने तथा सैन्य परीक्षण संबंधी तैयारी पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए जवानों को प्रेरित किया

विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आर पी सिंह ने बताया कि इनके लिए सीटें भी आरक्षित की जाएगी उन्होंने बताया कि प्रवेश शुल्क विश्वविद्यालय परिसर में संचालित नियमित पाठ्यक्रमों में प्रवेश पर नहीं लिया जाएगा

इसके तहत राज्यों की कला संस्कृति की विविधता की जानकारी एक दूसरे के साथ साझा करने के लिए उनके जोड़े बनाए गए हैं राजस्थान का साझा राज्य असम है

गौरतलब है कि ईडी न्यायालय की ओर से पूर्व में अशोक सिंघवी के गिरफ्तारी वारंट को जमानती वारंट में बदलने की याचिका को हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट द्वारा द्वकराया जा चुका है

इसके बाद दो फर्मों ने आयंकर विभाग को एक करोड दस लाख रूपए की आय समर्पित की है

दुकान में एक के बाद एक धमाके होते रहे

लगभग तीन चार घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका इस हादसे के कारण बाजार की ज्यादातर दुकाने बंद हो गयी और ट्रैफिक भी डायवर्ट करना पड़ा पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने राज्य सरकार से पीड़ितों को यथाशीघ्र सहायता उपलब्ध कराने की मांग की